राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज संपन्न हो रहा है छत्तीसगढ़ के नये विधानसभा भवन का कल होगा भूमिपूजन

कई नदी नाले उफान पर हैं वहीं कई गांवों का सड़क संपर्क जिला मुख्यालयों से टूट गया है राजनांदगांव जिले में बारिश से खैरागढ़ दुर्ग मार्ग बंद हो गया है

इसी तरह दुर्ग जिले में भी लगातार बारिश से अनेक स्थानों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं शिवनाथ आमनेर और खारून नदी के किनारे बसे गांवों में हाईअलर्ट जारी कर दिया गया है इन इलाकों के स्कूलों और शासकीय भवनों में राहत शिविर बनाए गए हैं महमरा एनीकट से करीब नौ फीट ऊपर पानी बह रहा है धमधा बोरी मार्ग पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण सात गांवों का सड़क संपर्क दूट गया है

जिले के क्षीरपानी और सरोना बांध में क्षमता से अधिक पानी होने के कारण इन बांधों के गेट खोल दिए गए हैं वहीं गरियाबंद जिले में स्थित पैरी और सोंढूर नदी उफान पर है दर्जनभर गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है सिकासेर बांध में क्षमता से अधिक पानी होने के कारण बांध के सोलह गेट खोल दिए गए हैं गरियाबंद छुरा मार्ग पर आवागमन बंद हो चुका है जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीम को सतर्क रहने को कहा है इसी तरह राजिम के त्रिवेणी संगम में आई बाढ़ से कई गांव प्रभावित हैं कुलेश्वर महादेव मंदिर के चबूतरे तक पानी पहुंच चुका है

कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं रायगढ़ जिले में खरसिया के पास स्थित एडु पुल के ऊपर पानी बहने से आवाजाही प्रभावित हुई है महानदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से रायगढ़ सारंगढ़ और रायगढ़ सरिया मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है उधर बिलासपुर जिले में अनवरत बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं कई गांव डूबने की स्थिति में है बिलासपुर का कोरबा रायपुर मुंगेली और शिवरीनारायण से सड़क संपर्क दूट गया है लीलागर नदी उफान पर है देवरी हिर्री सहित कई गांव टापू बन गए हैं वहीं विकासखंड मुख्यालय मस्तुरी में जनपद पंचायत सहित कई कार्यालयों में पानी घुस गया है जिसके कारण कामकाज ठप्प पड़ा है

जांजगीर जिले के मुलमुला के आरसमेटा में लोगों की मदद कर रहे एक युवक की पानी के तेज बहाव में बहने से मौत हो गई यह युवक अकलतरा का रहने वाला था सरगुजा जिले में अंबिकापुर से बतौली के बीच मंगरी में बनाई गई डायवर्सन पुलिया के बह जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है

कई गांवों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई राजधानी रायपुर की पुलिस लाइन सहित अनेक निचली बस्तियों में पानी भर गया है राजधानी के अनेक इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है वहीं बेमेतरा जिले की सूरी नदी में बाढ़ आने से दुर्ग बेमेतरा मार्ग बंद हो गया है शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से नवागढ़ भाटापारा मार्ग पर स्थित पुल डूब गया है इस बीच मौसम विमाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर छत्तीसगढ़ और उससे लगे पूर्वी मध्यप्रदेश के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र स्थित है जिसके कारण प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी हुई है विभाग ने आगामी तीस अगस्त से दो सितंबर के बीच मौसम के खुलने की संभावना जताई है दूसरी ओर राज्य सरकार ने प्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि से जनहानि पशुहानि मकान क्षति तथा फसल क्षति को देखते हुए प्रभावितों के लिए आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से कुछ देर बाद वीडियो कॉन्फ्रॅसिंग के जरिये सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर प्रदेश में बारिश से निर्मित स्थिति की समीक्षा करेंगे

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से एक बडा बदलाव आया है और यह पहल गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है इस योजना से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है जन धन योजना की छठी वर्षगांठ के अवसर पर श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि यह योजना छह साल पहले उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनके पास बैंक में खाता नहीं था प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लाभान्वित होने वाले लोगों में अधिकतर ग्रामीण और महिलाएं हैं श्री मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की

इस योजना का शुभारंभ अट्ठाईस अगस्त दो हजार चौदह को हुआ था यह योजना गरीब लोगों का बैंक खाता खुलवाकर उन तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी

प्रधानमंत्री जन धन योजना की छठवीं वर्षगांठ के अवसर पर आज पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और रीजनल आउटरीच ब्यूरो आरओबी रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में एक वेबीनार का आयोजन किया गया इसमें वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन मिशन है जो बैंकिंग ऋण बीमा पेंशन आदि को लाभार्थी तक आसानी से पहुंचाने में सहायता करता है जन धन खाता खुल जाने के बाद न केवल आर्थिक जगत में बल्कि लोगों के सामाजिक जीवन में भी बदलाव हुए हैं खातों के माध्यम से अब मजदूरी सहायता राशि पेंशन आदि का भुगतान सीधे हितग्राही के खाते में किया जा रहा है मनरेगा लेबर केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत लेबर बजट में डेढ़ करोड़ मानव दिवसों की बढ़ोत्तरी के लिए सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है अब प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य साढ़े तेरह करोड़ मानव दिवसों से बढ़कर पंद्रह करोड़ मानव दिवस हो जाएगा राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक में इसकी सहमति दी गई

चार दिवसीय यह सत्र पच्चीस अगस्त से शुरू हुआ था सत्र के दौरान कल चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुप्रक बजट पारित किया गया वहीं आज सरकार द्वारा पेश किए गए विभिन्न संशोधन विधेयकों को चर्चा के बाद पारित कराने की कार्यवाही सदन में चल रही है छत्तीसगढ़ के नवीन विधानसभा भवन का कल भूमिप्रजन होगा यह नया भवन नया रायपुर अटल नगर में बनाया जाएगा भूमिप्रजन के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे सहित पक्ष तथा विपक्ष के अनेक विधायक मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल होंगे

राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख और उनके पुत्र की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हर ब्लॉक में पचास पचास बेड वाला कोविड केयर सेंटर खोलने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को जिला मुख्यालय आने की जरूरत न पडे वहीं दूर्ग जिले में आज एक ही परिवार के सात सदस्य सहित पच्चीस नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इसके अलावा उतई थाने से एक सीआईएसएफ का जवान भी संक्रमित पाया गया है उधर बस्तर जिले में आज बाईस नये कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं इनमें ग्यारह लोग सेंट्रल जेल से हैं इस बीच महासमुंद जिले के अपर कलेक्टर सहित दो लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अपर कलेक्टर को चौदह दिनों तक होम आइसोलेट कर दिया गया है वहीं महासमुंद कलेक्टर ने कार्यालय परिसर को दो दिनों के लिए बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं इस दौरान पूरे कार्यालय को सैनिटाईज किया जाएगा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आज से तीन दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है इधर बिलासपुर जिले में पिछले अड़तालीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से तीन लोगों की मौत हो गई इसी के साथ जिले में मृतकों की संख्या बढ़कर बाईस हो गई है बिलासपुर एसईसीएल ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए उनहत्तर नये एंबुलेंस मंगाए हैं इनमें से तिरसठ एंबुलेंस बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त हैं

इनमें जी जामगांव और कुरूद क्षेत्र से तीन तीन संक्रमित मरीज मिले हैं इस बीच विधानसभा सत्र के अंतिम दिन आज विधानसभा परिसर में किए गए एंटीजन टेस्ट में बिंद्रानवागढ़ के विधायक डमरूधर दीवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं विधायक के अलावा विधानसभा की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई है

संक्षिप्त समाचार बस्तर जिले में आज पुलिस अधीक्षक दीपक झा के सामने एक लाख रूपये के एक इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया महासमुंद जिले के ग्राम लभराखुर्द में अस्थायी रूप से बनाए गए एक गौठान में पंद्रह मवेशियों की मौत हो गई है पशु विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं